भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने को कहा है

विभिन्न विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हें ऐतिहासिक और किसान हितेषी बनाया है और इन्हें लेकर किसानों को गुमराह करने वालों की आलोचना की है लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं

इसका उद्देश्य अनुपालना के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछ कानूनों से जुडे दण्ड को माफ करने की सुविधा देना है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा

मुख्य कार्यक्रम जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर शाम पांच बजे होगा जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होगें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया

कोई भी व्यक्ति ये नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह ले सकेगा

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है श्री गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है

इस आईसीयू में वेंटिलेटर सहित तमाम अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे डॉ शर्मा ने बताया कि जो मरीज कोविड से निगेटिव हो गए है लेकिन अन्य बीमारियों से प्रभावित है उन्हें आरयूएचएस और जयपुरिया अस्पताल से तुरंत एसएमएस अस्पताल के इस नए आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा